प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व लोगों को बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि समय की जरूरत लोगों को एकजुट कर देश के विकास और देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की है अपने कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन में व्यवधान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग ह कि हम सभी मिलकर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान करें नागरिकता कानून संशोधन के विरोध में प्रदेश के कुछ स्थानों से उठ रही मुखर आवाजों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शांति और सद्भाव बनाये रखें और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन को देखते हुए अलीगढ़ में भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अब्द्रल हामिद ने कहा कि विश्वविद्यालय ने आज से शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है बाइट विंटर वेकेशन जो एक हफ्ते बाद शुरू होने थे चालू कर दिये गये हैं इसलिए हमने तय किया है कि हम पांच जनवरी से यूनिवर्सिटी खोलेंगे एग्जामिनेशन जो चल रहे थे वो जब यूनिवर्सिटी खुलेंगी उसके बाद कराये जाएंगे उसका शिड्यूल अभी बाद में बताया जायेगा आगरा जोन के अतिरिक्त महानिदेशक अजय आनंद ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं बाइट सिचुएशन बिलकुल कंट्रोल में है

हमारी फोर्स पूरी तरह यहां पर मुस्तैद है स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शांति व्यवस्था बनवाने के लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे उधर लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी आज सुबह छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारेबाजी की

सहारनपुर के देवबंद में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अर्द्व सैनिक बलों ने फ्लैगमार्च किया यहां रविवार रात से इंटरनेट सेवाएं अगले आदेशों तक बंद कर दी गई है प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन से कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने में अधिक तालमेल का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के पास दुर्लभ कार्यक्रमों का संग्रह है उन्हें डिजिटल बनाकर आम लोगों को उपलब्ध कराने की जरूरत है उन्होंने दूरदर्शन के दर्शकों को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार करने को कहा श्री वेम्पति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रशासन और कार्यक्रम निर्माण में बड़े पैमाने पर सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया आयकर विभाग ने कहा कि इस महीने के अंत तक आधार के साथ स्थाई खाता संख्या पैन को जोड़ना अनिवार्य होगा

पैन को ऑनलाइन आधार से जोड़ने के लिए आयकर दाता को ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा

कल से प्रदेश विधानमंडल का संक्षिप्त शीतकालीन सत्र आहूत किया जा रहा है विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप स स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा

देश के उत्तरी भागों में पहाड़ों पर हो रहे हिमपात और प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले दो दिनों हुई शीतकालीन वर्षा और ओलावृष्टि के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है तापमान कम हो जाने के कारण राज्य में ठंड और कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है सूर्यास्त होते ही तराई क्षेत्र में कोहरे और ठंड के कारण सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है बागपत में ठंड के कारण बाजारों बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर लोगों की कम आवाजाही देखी गई पीलीभीत में ठंड का असर टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों पर देखा जा रहा है यहां चीतल के तीन शावकों की ठंड लगने से मौत हो गई राजधानी लखनऊ के बाहरी क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया रहा मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान आसमान साफ रहने के साथ कोहरा पड़ने की संभावना जताई है

अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के कानून पॉक्सो कानून के अन्तर्गत मुजरिम करार दिया जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सह अभियुक्त शशि सिंह को सभी आरोपा से बरी कर दिया न्यायालय सजा की अवधि के बारे में बुधवार को दलीलें सुनेगी इस मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है

कुलदीप सिंह बांगरमऊ से चार बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं उन्हें इस साल अगस्त में पार्टी ने निष्कासित कर दिया था राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है

आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थितियों में देश की रक्षा की है रक्षाराज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक थल सेनाप्रमुख जनरल बिपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की विजय दिवस समारोह के लिए कल मुक्ति योद्वाओं का एक दल बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचा हमारे कोलकाता संवाददाता ने खबर दी है कि थलसेना ने इस अवसर पर तीन दिन का समारोह आयोजित किया है

लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी का नेतृत्व किया था चौदह दिन चले इस युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया आज पहली बार राष्ट्रीय समर स्मारक में विजय दिवस मनाया गया

पहली परामर्श बैठक स्टार्टअप उद्यम फिनटेक और डिजिटल समूहों के साथ हुई वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य रूप से लघू और मध्यम उद्यमों में बिग डेटा प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक प्रशासन में इनके उपयोग पर बातचीत हुई डिजिटल बुनियादी सुविधाएं और सरकार की भूमिका डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमन और कराधान मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों से कहा है कि वे सफलता की परम्परागत सोच से हटकर उद्यम शीलता पर अपना ध्यान केन्द्रति करें

धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि उद्यम शीलता को बढ़ावा देना केन्द्र की भाजपा सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से है पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि समस्याएं हल करने के लिए भारत में प्रच्र बौद्धिक क्षमता है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के गौरव हैं